कांग्रेस प्रत्याषी वैभव गहलोत ने जोधपुर से रवि झुंझुनवाला ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र से पर्चे दाखिल किये

इस सुची में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोनिया गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल आनंद शर्मा रणदीप सुरजेवाला विवेक बंसल शामिल हैं इसके अलावा इस सूची में राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु शर्मा हरीश चौधरी रमेश मीणा को भी जगह दी गई है सुची में लम्बे समय तक भाजपा में रहे और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए घनश्याम तिवाडी का नोम भी शामिल है

इस संबंध में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं आयोग द्वारा जारी निर्देश में सभी सीईओ को सोशल मीडिया के दुरूपयोग से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी सम्बद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत प्रकोष्ठ को तत्काल भेजने को भी कहा गया है

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि हथियर जमा नहीं करवाने वाले लोगों के लाइसेंस निरस्त किये जायें लोकसभा चुनाव के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रभात कमार शर्मा को व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है इसके अलावा एम रामचंद्रदु को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है

पाली में पुलिस संवेदनशील गांवों का लगातार दौरा कर भयमुक्त मतदान की अपील कर रही है

इसका उपयोग लोकसभा चुनाव में किया जाना था कार्यवाही के दौरान दो आरोपी मौके से फरार हो गए

नागौर जिले के परबतसर क्षेत्र के बागोट टापरवाडा भकरी में स्वीप अभियान के तहत स्कूली छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च और मैराथन का आयोजन कर मतदान अवश्य करने का संदेश दिया

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है

राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है

ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम पंचायत जेसाना के रिकॉर्ड में कमी निकालकर खानापूर्ति के लिए आरोपी रिश्वत मांग रहे थे

इसके अलावा प्रदेश के कई नामी लोककलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे

बीकानेर में आज जुलाई माह में बीकानेर से जाने वाले हज यात्रियों के लिए हज कमेटी और वेलफेयर सोसायटी की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया